कुल आंकड़ा बढ़कर तीन हजार तैंतालिस हुआ

जैक बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा का परिणाम आज दोपहर बाद जारी होगा

यह अबतक का सर्वाधिक कोरोना मरीज मिलने का आंकड़ा है पिछले चौबीस घंटे में छत्तीस लोग स्वस्थ भी हए हैं स्वस्थ होने वाले लोगों की कुल संख्या दो हजार एक सौ चार हो गयी है वहीं कल दो लोगों ने संकमण से दम तोड़ दिया इस संकमण से राज्य में अबतक बाइस लोग अपनी जांन गवां चुके हैं इधर राज्य में मरीजों के स्वस्थ होने की दर घटकर उनहत्तर प्रतिषत हो गयी है राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है हालांकि राज्य सरकार की ओर से इसके प्रसार पर रोक लगाने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं कल राज्य सरकार के एक मंत्री और विधायक भी कोरोना की चपेट में आ गये वहीं मीडियाकर्मी भी इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं इससे पहले राजधानी रांची के कई पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं जिनका इलाज किया जा रहा है

हालांकि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने लोगों से पूरी सूरक्षा बरतने का आग्रह किया है श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण से बचा जा सकता है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

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अनलॉक एक शुरू होने से पहले लोगों से अपील की थी कि वे अपने ब्जुर्गों की देखभाल के लिए हर प्रकार से प्रयास करें हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची प्रशासन का यह अभियान इस दिशा में एक बडा कदम है राज्य में आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन शीघ्र किया जायेगा मंत्रिमंडल से इसके गठन की मंजूरी मिल चुकी है अब इसका शीघ्र गठन कर आपदा से जुड़े मामलों की त्वरित कार्रवाई की जा सकेगी राज्य में आपदा से नुकसान होने पर उसकी भरपाई जल्द होगी साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए लोगों को जागरूक किया जायेगा यह मामला बहत सालों से लंबित था आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे साथ ही विभागीय मंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे इस प्राधिकार में मुख्य सचिव समेत चार विभाग के सचिव भी सदस्य होंगे इसके लिए भी बाइलॉज तैयार किया जा चुका है मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि इसके बनने से स्थानीय स्तर पर रहने वाले लोगों को रोजगार मिलेगा आपदा मित्र समेत अन्य माध्यमों से लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा जिससे स्थानीय स्तर पर वोलेंटियर्स की बड़ी टीम तैयार की जाएगी

देषभर के षिक्षाविदों से मिले सुझाव के आधार पर बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कल शाम बोर्ड ने ट्विटर पर इस संबंध में अधिसूचना भी जारी कर दी है इसके तहत एनसीआरटी से पढाई करवाने वाले बाईस राज्यों में यह लाग होगा साथ ही पहली कक्षा से आठवीं तक एनसीईआरटी के वैकल्पिक शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार पढ़ाई जारी रहेगी झारखंड अधिविद्य परिषद जैक आज दोपहर बाद मैट्रिक परीक्षा का परिणाम जारी करेगा झारखंड अद्यविद परिषद के अध्यक्ष डॉ अरविंद प्रसाद सिंह के अनुसार आज दोपहर बाद षिक्षामंत्री जगन्नाथ महतो परीक्षा परिणाम जारी करेंगे उन्होंने जानकारी दी है कि दसवीं बोर्ड की परीक्षा में चार लाख परीक्षार्थी शामिल हए थे परिक्षार्थी अपना परीक्षा परिणाम जैक की वेबसाइट पर देख सकेंगे परिणाम जारी करने की सारी तैयारी पूरी कर ली गयी है

इस विद्यालय में विद्यालय जनजातीय समुदाय अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के सुद्र ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवारों के बच्चों को षिक्षा दी जायेगी

जिला प्रशासन ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बेहतर हौल देने और बच्चों को आकर्षित करने वाले रंगरोगन व चित्रकारी से सुसज्जित भवन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उपायुक्त मुकेश कुमार के प्रयास से कल सीसीएल और जिला प्रशासन के बीच एमओयू हस्ताक्षरित किया गया

पष्चिमी सिंहभूम जिले में पंचायतों को आदर्ष पंचायत उपलब्ध कराने का लक्ष्य लगभग पूरा हो चला है

इधर समय पर मॉनसून के दस्तक देने और पिछले एक माह में राज्य में हुई बारिश से इस साल खरीफ की अच्छी फसल के आसार हैं पूरे राज्य में मुख्य फसल धान समेत अन्य फसलों की बुआई तेजी पकड़ने लगी है राज्य के उत्तरी छोटानागपुर के सात जिलों और पलामू में बुआई अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रहा है

साहिबगंज जिले में एम्बुलेंस की सुविधा दुरुस्त करने के लिए पांच नए एम्बुलेंस खरीदे जाएंगे उपायुक्त वरूण रंजन ने बताया कि सदर अस्पताल में हेल्पडेस्क तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आसान होगी

इसके अलावा सीबीएसई द्वारा सत्र दो हजार बीस इक्कीस के लिए सिलेबस में तीस प्रतिषत की कमी किये जाने की खबर को प्रभात खबर दैनिक भास्कर दैनिक हिन्दुस्तान जागरण और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुख्य पेज पर प्रकाषित किया है

वहीं भारत चीन सीमा पर टेकराव की स्थिति पर प्रभात खबर ने लिखा है चीन पर भरोसा मुष्किल भारतीय सेना अलर्ट पर जबकि दैनिक हिंदुस्तान लिखता है गलवान घाटी से चीनी सेना ने ढांचे हटाये